राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के दो सौ नौ नए संक्रमित मिले सक्रिय मामलों की संख्या हुई दो हजार एक सौ बासठ मुख्यमंत्री ने केंद्र से एनसीसी निदेशालय झारखंड में खोलने की मांग की वायुसेना कैडेट के प्रशिक्षण केंद्र खोलने में मदद का दिया आश्वासन गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा आज मनाया जा रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई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

उधर देश में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड जांच की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गई है

झारखंड में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है कम जोखिम वाले राज्यों की सूची से झारखंड अब भी बाहर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल देश के सर्वोच्च बीस उन राज्यों की सूची जारी की थी जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या दो फीसदी और उससे अधिक है इधर झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के दो सौ नौ नए संक्रमित मिले हैं अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख आठ हजार पांच सौ सतहतर हो गई है राज्य में अब दो हजार एक सौ बासठ सक्रिय मामले हैं प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पिछले तीन दिनों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है कल राज्य भर में बत्तीस हजार पांच सौ चौरासी सैंपलों की जांच की गई मरीजों के स्वस्थ होने की दर संतानबे दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है वहीं मृत्यु दर एक प्रतिशत से भी कम हो गई है ये राज्य के लिए सकारात्मक खबर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भुईयां जाति की नौ उप जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान टीआरआई के प्रतिवेदन को स्वीकृति दे दी है ये उपजातियां क्षत्रीय पाईक खंडित पाईक कोटवार प्रधान मांझी देहरी क्षत्रीय खंडित भुईयां और गड़ाही गहरी शामिल हैं मुख्यमंत्री ने टीआरआई के प्रतिवेदन को अनुमोदित करते हुए उसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है टीआरआई रांची की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रीय पाईक खंडित पाईक कोटवार प्रधान मांझी देहरी क्षत्रीय खंडित भुईयां तथा गड़ाही गहरी की मूल जाति भुईयां है इनका गोत्र कच्छप कदम महुकल नाग मयुर शामिल हैं ये उपजातियां दक्षिणी छोटानागपुर के रांची खूंटी गुमला सिमडेगा पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां क्षेत्र में पायी जाती हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि यह बैठक भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की जा रही है

यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्रियों के स्तर पर आयोजित किया जाता है शंघाई सहयोग संगठन में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है भारत ने पिछले वर्ष दो नवंबर को उज्बेकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनसीसी का डायरेक्टरेट कार्यालय झारखंड में भी खोलने की मांग की है उन्होंने कहा है कि झारखंड में इसकी स्थापना होगी तो इससे एनसीसी को बड़ा बल मिलेगा और झारखंड के छात्रों को काफी सुविधा होगी मुख्यमंत्री एनसीसी रांची द्वारा आयोजित संविधान दिवस के समापन समारोह में बोल रहे थे उन्हानें कहा है कि एनसीसी के वायुसेना के कैडेट का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में राज्य सरकार एनसीसी को पूरी मदद करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी के नौसेना विंग के प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए झारखण्ड में भी व्यवस्थाएं मौजूद हैं बहुत आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य का फ्लाइंग एकेडमी वायु सेना के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इसके लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है श्री सोरेन ने कहा कि एनसीसी ने देश के संविधान के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाया है यह हमारे लोकतंत्र और सामान्य नागरिक के लिए गौरव की बात है उन्होंने कहा कि झारखंड में रांची और हजारीबाग में एनसीसी बटालियन का कार्यालय है करीब बत्तीस हजार नौजवान इससे जुड़े हुए हैं खूंटी जिले के दूर दराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में माइक्रो बोरी बांध अब आंदोलन का रूप लेने लगा है जनजातीय इलाकों में मदईत परंपरा से बन रहे बोरी बांध में जिले के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बालू भरे प्लास्टिक भरी बोरियों को उठाकर बांध की दीवार बनाने में भी अपनी भूमिका निभायी कुछ ही दिनों में पांच माइक्रो बोरी बांध बनकर तैयर हो गये खूंटी जिले के उपविकास आयुक्त और मुरहू के प्रखंड विकास पदाधिकारी जब नक्सल प्रभावित डाहंगा गांव पहुंचे तो माइक्रो बोरी बांध बना रहे ग्रामीणों का उत्साह काफी बढ़ गया खूंटी जिला प्रशासन सेवा वेलफेयर सोसाइटी और जिले की ग्राम सभाओं के संयुक्त प्रयास से जन शक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जायेंगे और विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर्व में शामिल होंगे इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे

इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना और सारनाथ पुरातत्विक स्थ्लों का दौरा करेंगे ग्रु नानक जयंती और गुरुपर्व आज भारत सहित विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है यह पर्व सिक्खों के प्रथम गुरु गुरुनाक देव जी जन्मोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाता है उन्होंने सिक्ख धर्म की स्थापना की थी

इस दिन विश्वभर श्रद्धाल् प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरुपर्व बहत उल्लास के साथ मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने कहा कि वे ग्रु नानक देव जी के लोकहितकारी विचारों से गहन रूप से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वभर में गुरु नानकदेव जी का प्रभाव देखा जा सकता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देश विदेश में रहने वाले सभी नागरिकों विशेषकर सिक्ख समुदाय के भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं उधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और ग्रु पर्व की श्भकामनाएं दी है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा सनातन धर्म के अन्याइयों के लिए प्रमुख त्योहारों में से एक है मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू जैन और सीख समुदाय के लोग अपनी परंपरा के अनुसार सदियों से मनाते आ रहे हैं और मानवता श्भता के साथ सहअस्तित्व का संदेश देते हैं लातेहार जिले के फभबेतला में कटम दबियाखांड मार्ग पर बरवाडीह थाना क्षेत्र के केचकी चेकनाका के पास कल एक यात्री बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गयी जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवकघायल हो गया आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है भुइयां जाति की उपजातियों को मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने चार जिलों को छोड़ घट रहा कोरोना संक्रमण धैर्य रखें साठ दिन तो स्थिति होगी सामान्य इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है कृषि सुधारों ने खोले नये रास्ते किसानों से बातचीत की पेशकश के बीच पीएम ने गिनाये सुधारों के फायदे की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की पहली खबर बनाया है झारखंड के दस हजार बच्चों को ट्रेंड करेंगी बड़ी कंपनियां इस खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोयला तस्करी में कई बड़े पुलिस अफसर मददगार इस खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी पहली खबर बनायी है झारखंड में राजस्व संग्रह पांच हजार करोड़ रुपये तक गिरने की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है उत्तर प्रदेश में लव जेहाद कानून के तहत पहला मामला दर्ज होने की खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी पहली खबर बनाया है